सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

श्री चौहान कल अपने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना नियंत्रण कोर ग्रप के सदस्यों से चर्चा कर रहे थे उन्होंने प्रदेश के जिलों में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की

बैठक में कोर ग्रूप के सदस्य मंत्री अधिकारी जिलों के प्रभारी मंत्री और अधिकारी उपस्थित थे

कोरोना रोकथाम प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एवं कोविड के लिये ग्लवालियर जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये सभी एहतियाती उपाय किए जाएँ ग्रामीण क्षेत्र में किल कोरोना अभियान के तहत घर घर सर्वेक्षण का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से करें ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने विकासखण्ड भितरवार घाटीगाँव की क्राइसेस मैनेजमेंट समिति की कल हई वर्च्अली बैठक में यह निर्देश दिए

ऐसे सभी गाँवों में ग्रामीणों के आने जाने पर प्रतिबंध लगाया जाए ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कोविड की समीक्षा के दौरान यह भी निर्देशित किया है कि जिले की हर जनपद पंचायत को एक एक एम्बूलेंस भी उपलब्ध कराई जाए

जन आंदोलन ग्वालियर के युवा आकाश मिश्रा ने घर पर ही रहकर कोरोना को मात दी और अब लोगों से जरूरी गाइडलाइन का पालन करने की अपील कर रहे हैं

मंत्रालय ने कहा कि ये खबरे पूरी तरह बेबुनियाद और बेतुकी हैं मंत्रालय ने लोगों से गुमराह करने वाली ऐसी फर्जी खबरों और अफवाहों से बचने को कहा है

मौसम प्रदेश के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ के साथ साथ मॉनसून पूर्व की गतिविधियां देखी जा रही हैं

छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में सर्वाधिक ढ़ाई इंच और बैतूल के आठनेर में डेढ़ इंच बारिश हुई रायसेन जिले के बैगमगंज ओबेदुल्लागंज सहित कई स्थानों पर आंधी चलने के साथ तेज बारिश हुई जिले में कई जगहों पर ओले गिरने से समर्थन मूल्य पर खरीदा गया गेहूं भीग गया हमारे संवाददाता ने बताया कि विदिशा जिले के ग्यारसपुर में भी ओले गिरे भोपाल के बैरसिया में कल हल्की बारिश हुई उधर मौसम विभाग का कहना है कि मॉनसून पूर्व की गतिविधियां चलने से फिलहाल प्रदेश में लू चलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोम के सकिय रहने से पूरे प्रदेश में बादल छाये रहने और कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई है नीति रिपोर्ट नीति आयोग और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान नेटवर्क कंपनी डेंजमतबंतक ने कल कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग ए रोडमैप फॉर डिजिटली इनक्लूसिव भारत विषय पर एक रिपोर्ट जारी की

साथ ही पूजा अर्चना के लिये आने वाले श्रद्दालुओं को कोरोना संकमण से बचाव के लिये कल पुलिस एवं जिला प्रशासन ने रूट मार्च निकाला

उनके निधन पर प्रदेश के विभिन्न राजनीतिक दलों ने दुःख व्यक्त किया है

कल जिला कलेक्टर ने इसका शुभारम किया